प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रम्ख ब्नियादी ढांचागत क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा की इनमें सड़क ग्रामीण और शहरी आवास रेलवे हवाई अड्डे और बंदरगाहों की बुनियादी परियोजनाये शामिल है लगभग दो घंटे चली समीक्षा बैठक में परियोजनाओं से ज्ड़े मंत्रालयों नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अद्वासी प्रतिशत ग्रामीण सड़के आवासीय क्षेत्रों में ज्ड़ च्की है

इससे पहले के चार सालों में इनकी संख्या पैंतीस हजार थी

यह विधेयक अन्सूचित जातियों व अन्सूचित जनजातियों अत्याचार रोकथाम अधिनियम उन्नीस सौ नवासी में संशोधन के लिए ही सरकार द्वारा अन्सूचित जाति और अन्सूचित जनजाति के मूल प्रावधानों को बहाल करने के लिए संसद एक संविधान संशोधन विधेयक लाने का फैसला करने के बाद केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने इसे सप्ताह में मंजूरी दे दी थी संशोधन विधेयक यदि संसद में पास हो जाता है तो ये सर्वोच्च न्यायालय के इस वर्ष मार्च के फैसले को निरस्त कर देगा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि इस अधिनियम के तहत आरोपी की त्रंरत गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं होगी हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विशवविदयालय और एचडीएफसी बैंक के बीच यूनिवर्सिटी के पहले पोस्ट ग्रेज्ऐट कार्यक्रम एम वोक के लिए हये अन्बंध तहत यूनिवर्सिटी दवारा फाईनेंस और बैकिंग के इस पोस्ट ग्रेज्एट प्रोग्राम में छात्राओं केा प्रत्येक सत्र मे तीन महीनें की क्लास रूम ट्रेनिंग के साथ साथ तीन महीनें का प्रशिक्षण ग्रूग्राम में दिया जायेगा दो वर्षीय इस कार्यक्रम को इसी वर्ष अक्तूबर में लांच कर आवेदन मांगे जायेंगे उप क्लपति राज नेहरू ने बताया कि यह स्नातकोतर कोर्स फाईनेंस और बैंकिंग में युवाओं को विशेष अवसर देगा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकातय दर्ज करने और प्रानी शिकायतों की सुनवाई के लिए शिकायत निवारण मंच के सदस्य हर महीने विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे

हरियाणा के उद्योगमंत्री विप्ल गोयल ने कहा है क रिवाड़ी जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति में परिवाद रखने से पहले परिवादी सम्बधित विभाग के अधिकारियों के पास अपनी शिकायत दर्ज कराये तथा सम्बधित अधिकारी को एक मौका और देने के बाद ही इस बैठक में परिवाद रखे जायें आज रेवाड़ी स्थित बालभवन मे शिकायत निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याओं की विभागों से सम्बधित चौदह परिवाद रखे गये जिसमें से सभी परिवादों को निपटारा कर दिया गया जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री डॉ बनवारी लाल ने आज हिसार के आदमप्र हलके के विभिन्न गांवों में करीब तीन करोड़ रूपये की पेयजल योनजाओं का उदघाटन किा उन्होंने कहा कि पानी की बचत करना और इसकी बर्बादी को रोकना एक बड़ी च्नौती है

आज पिंजौर स्थित खंड विकास एंव यातायात अधिकारी कार्यालय के छ लाख रूपये से हये नवीनीकरण के बाद उदघाटन मौके पर उन्होंने पंचों सरपंचों ब्लॉक समिति व जिला परिषद के सदस्यों के कहा कि वे स्वच्छता अभियान को गंभीरता से लें उन्होंने कहा कि सफाई मानकों को पूरा करने वाली पंचयंतों को गांधी जयंती पर राष्ट्रीय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया जायेगा

प्राकृतिक कृषि आंदोलन के परोधा व पदमश्री से सम्मानित कृषि विशेषज्ञ स्भाष पालेकर ने कहा है कि ज़ीरो बजट प्राक़तिक क़षि हर प्रकार की भूमि में की सकती है और किसानों की आय दूनी करने व साथ ही अनाज उत्पादन भी द्गना किया जा सकता है

उन्होंने दावा किया कि जैविक खेती के नाम पर जो प्रणाली प्रचारित व प्रसारित की की जा रही है वह भी रासायनिक खेती की तरह ही किसान और ज़मीन दोनों के लिए धातक है उन्होंने जैविक खेती को विदेशी प्रणाली करार दिया और उसका तिरस्कार कर गौ आधारित स्वेदशी प्राकृतिक कृषि प्रणाली को अपनाने की वकालत की पालेकर ने जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि के क्षेत्र में आंधप्रदेश सरकार के कार्यो और प्रयासों का सराहना की हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष प्रो वीरेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि कृषि मे स्भाष पालेकर द्वारा दिखाया गया रास्ता देश के चालीस लाख से अधिक किसान अपना च्के है और केन्द्र सरकार व नीति आयोग ने भी इस विधि के महत्व को समझा है

इसके तहत नियम अस्थायी दैनिक वेतन भोगी ठेके पर कार्यरत कंसल्टेटे कर्मचारियों केा बच्चों के लिए क्रैच की स्विधा होगी

ग्रमीत राम रहीम के डेरे मे बने अस्पताल में चार सौ साध्ओं को नप्सक बनाये जाने के मामले में आज पंचकूला की सीबीआई अदालत में स्नवाई वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये हुई स्नवाई में पहुंचे ग्रदास सिंह ने बताया कि आज स्नवाई मे जज ने कोर्ट में पहंचे दोनों आरोपियों से पूछा कि क्या वे अपना ज्र्म कबूल करते है जिस पर दोनों आरोपियों ने ज्र्म कबूलने से इन्कार कर दिया और कहा कि वे चालान के जरिये केस लड़ेंगे

फतेहाबाद जिले के महिला एवं बाल विकास खंड भटटूकलां में विश्व स्तनपान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न गांवों से आई आंगनवाड़ी वर्करों ने भाग लिया खंड सीडीपीओ ने कहा कि स्तनपान जीवन का पहला टीका है बच्चे को जन्म के त्रंत बाद मां का पहला गाढ़ा दूध पिलाना चाहिए

सीडीपीओ ने इस संदेश को जन जत तक पहुंचाने का आहवान करते हुए कहा कि पोषण अभियान से अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़े ताकि हरियाणा क्पोषण से म्क्त हो सके यम्नानगर के उपाय्क्त गिरीश अरोड़ा ने बताया कि नौ अगस्त तक शिव भक्तों कावडियों की स्रक्षा के प्ख्ता प्रबंध करने हेत् संबद्ध विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किये है